भाजपा में विलय के बाद बाबूलाल मरांडी पहली बार पहुंचे बीजेपी मुख्यालय कार्यकर्ताओं से की मुलाकात कहा कोई भी जिम्मेदारी निभाने को तैयार बकोरियां में कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ की जांच तेज सीबीआई एसपी सहित दस सदस्यीय टीम पलामू में दो सौ पचास लोगों से हुई पूछताछ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से अब तक झारखंड के दस लाख से अधिक किसानों को मिला फायदा अनाज की पैदावार बढ़ाने में मिल रही है मदद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स की महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता ममाले में संज्ञान लेते हए कार्रवाई का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि सरकार के लिए राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है कल रात रांची से देवघर जाने के कम में डमरी के पास डॉक्टर के साथ कथित अभद्र व्यवहार किया गया उन्होंने गिरिडीह पुलिस और गिरिडीह के उपायुक्त को कार्रवाई का निर्देष दिया था इसके बाद क्यूआरटी टीम के दो जवानों को निलंबित कर दिया गया है साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है झारखंड विकास मोर्चा का कल भाजपा में विलय होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज पहली बार रांची स्थित भाजपा प्रदेष कार्यालय पहंचे इस मौके पर पार्टी के प्रदेष महामंत्री दीपक प्रकाष और मीडिया प्रभारी षिवपूजन पाठक समेत अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया इस अवसर पर श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा की ओर से उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जायेगी उसे वो पूरी तरह से निभाएंगे भारतीय जन मोर्चा जमशेदपुर महानगर चार विधानसभा क्षेत्रों का कार्यालय आज साकची में खोला गया इस अवसर पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि अब युवा नई तरह की राजनीति चाहते हैं उनकी पार्टी महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर दीनदयाल उपाध्याय राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण इन पांच लोगों के सम्मिलित विचारों पर राजनीति कर रही है

केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति पहली जनवरी दो हजार चार से पहले की गई थी वे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की बजाय पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अपना सकते हैं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि इससे केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है इनमें से कुछ कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाये जाने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे पेयजल व स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के सचिव परमेष्वरन अय्यर ने कहा कि सरकार वर्ष दो हजार चौबीस तक हर घर में नल से जल पहुँचा देगी

श्री अय्यर ने हजारीबाग के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ विडियो कांफेसिंग के जरिये समीक्षा बैठक की उन्होंने इकतीस मार्च तक जिले के सभी शौचालयों को पूरा करने का निर्देष दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में तेईस फरवरी को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने इस कार्यक्र म के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं लोग अपने सुझाव एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकार्ड करवा सकते हैं

ये सुझाव शनिवार तक भेजे जा सकते हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत देशभर में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसके तहत गोवा से पचास छात्रों का एक दल आज रांची पहुंचा विद्यार्थियों का यह दल आज रांची के सेंटजेवियर कॉलेज के विद्यार्थियों से रूबरू हुआ चार दिनों के प्रवास पर आए गोवा के विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा गया इस दौरान चार दिनों तक सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ खान पान और अन्य पहलुओं से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

पलामू के बकोरिया में चर्चित पुलिस नक्सली मुठभेड़ कांड की सीबीआई जांच तेज कर दी गई है सीबीआई के एसपी के नेतृत्व में दस सदस्यीय टीम पलामू में कैंप कर मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों और अभियान में शामिल अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है अब तक ढाई सौ लोगों से पूछताछ की जा चुकी है जैसा कि आपको मालूम है कि जून दो हजार पंद्रह में पलामू के बकोरिया में सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच कथित मुठभेड़ हुई थी जिसमें बारह माओवादी मारे गये थे मुठभेड़ में मारे गये उदय यादव के पिता ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराया था झारखंड उच्च न्यायालय के आदेष पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है झारखंड बार एसोसिएषन के आहवाहन पर आज राज्यभर के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे पिछले दिनों डाल्टनगंज में बार एसोसिएषन के न्यायिक पदाधिकारी के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में झारखंड बार एसोसिएषन ने सरकार से सुरक्षा की मांग करते हुए हड़ताल किया लातेहार जिले में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत पांच हजार से अधिक मिट्टी संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है

झारखंड कृषि विभाग के समिति निदेशक और राज्य के सॉयल हेल्थ कार्ड के नोडल पदाधिकारी सुभाष सिंह ने बताया कि देशभर में अब तक साढ़े तेरह करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किये जा चुके हैं और केवल झारखंड में दस लाख से अधिक किसानों ने इसका लाभ उठाया है इधर खूंटी जिले के किसान भी अब मिट्टी जांच के फायदे को समझ रहे हैं मुरहू प्रखंड के इंदीपिडी के कृषक मित्र मानूएल हूनी पूर्ति ने बताया कि किसान अब जागरूक हो रहे हैं हमारी संवाददाता ज्योत्सना षिला डांग ने क्षेत्र में जाकर किसानों से इसकी जानकारी ली

पलामू जिले के छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी नरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कटैया गांव के सेवानिवृत्त कर्मी राम प्रवेश सिंह को लाल कार्ड का उपयोग करने के मामले में उनके खिलाफ सोमवार को जुर्माना वसूली के लिए आज नोटिस जारी किया है

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है